बोर्ड ने सभी जोन के परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किये हैं आज जारी परिणामों में एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है

यह पेंशन उनके खाते में पहंचेगी

इस याचिका में प्रज्ञा सिंह ने अपने बयानों पर खेद जताने का हवाला देते हुये प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है गौरतलब है कि आयोग ने प्रज्ञा ठाकुर पर उनके कतिथ बयानों को चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुये यह प्रतिबंध लगाया है

ये सभी सात सीटें भाजपा के पास हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि खंडवा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय जयश्री ठाक्र उमेशचंद्र सोनी और नौशाद खान सहित तीन अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिये हैं

बताया जाता है कि गांव की महिलायें व बच्चे पास ही बनें कालीसिंध नदी के डैम में नहाने गये थे इस दौरान एक बच्चा डूब गया उसे बचाने के लिये एक एक कर बच्चे और महिलायें नदी में कूद गये गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ

जबकि शाम तक एक की तलाश की जा रही है उड़ान बैठक राजधानी भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने के लिये गंभीर प्रयास किये जा रहे है अगले माह विमान संचालन कंपनियों के साथ एक बैठक आयोजित की जायेगी भोपाल में संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह जानकारी दी इस बैठक में कार्गो से संबंधित गतिविधियों और यात्री सुविधाओं को लेकर निकट भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी पीएम निर्देश चक्रवाती तूफान फोनी के कल ओड़िशा में पहुंचने की अशंका जताई जा रही है इस तूफान से निपटने के लिये राज्य में कई कदम उठाये गये है

इनमें से कई ट्रेने मध्यप्रदेश से होकर गुजरती है तूफान के मददेंनजर ओड़िशा से लगे राज्यों को भी अलर्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की प्रधानमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनायें और आवश्यकता पड़ने पर राहत व बचाव कार्यों के लिये प्रभावी कदम उठायें इस बैठक में प्रधानमंत्री को चक्रवात के संभावित मार्गों और यहां किये गये एहातियतन उपायों की जानकारी भी दी गई चुनावी सभायें लोकसभा चुनाव के पांचवें और प्रदेश में दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव अभियान तेज हो गया है इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी कल एक बजे रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल बैतूल जिले मुलताई और आठनेर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि केन्द्रीय मंत्री उमा भारती कल शाम भोपाल स्थित नेहरू नगर में एक सभा को संबोधित करेंगे

बताया जाता है कि यह राशि दलौदा मंडी से नंदावता गांव ले जा रही थी जप्त राशि को जिला कोषालय में जमा कराया गया है अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्यवाई की जायेगी कार्यवाई लोकायुक्त पुलिस ने सागर में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री वीके गुप्ता को पचास हजार रूपये की रिश्वत लेते हये रंगे हाथ गिरफ्तार किया बताया जाता है कि कार्यपालन यंत्री ने ठेकेदार का बिल पास करने के बदले में रिश्वत की मांग की थी जिसपर सागर लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्यवाई की

हालांकि उपचार के बाद वे चुनाव प्रचार में जुट गये हैं